प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सरकार बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दे रही है नमो ऐप के जरिए आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं कम खर्चीली होनी चाहिएं

कितना ही ताकवर नागरिक क्यों न हो इन चीजों के लिए वो अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकता है उसे व्यवस्थाए चाहिए और हमारा यह मानना है कि प्रीवेंटिव हेत्थ केयर्स में भी हमें बल देना चाहिए

प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास के लोगों का नाम भी ना छूटे साउंड बाईट एक नागरिक होने के नाते यह हम सभी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है हम यह सुनिश्चित करें हमारा ही नहीं हमारे आस पास के लोगों का नाम भी मतदाता सुची में हो ऐसी जागरूकता आवश्यक है मतदान के अधिकार पर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा हमें देश का भविष्य निर्धारित करने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है श्री मोदी ने कहा कि यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक विशेषकर गरीबों तक पहुंचे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और सरकार के प्रयासों से गरीबी की दर घटी है उन्होंने कहा कि देश में उड्डयन क्षेत्र काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है तथा अब और ज्यादा लोग विमान यात्रा कर रहे हैं

भारत दुनिया में सबसे तेजी से गरीबी मिटा रहा है भारत दुनिया में सबसे तेजी बढ़ने वाली एविएशन मार्किट हो गया है भारत में जितने लोग आज एयरकंडीशन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उससे ज्यादा लोग हवाई जहाज में सफर करने लग गए हैं कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित एक चिटफंड कंपनी के निदेशक अवधेश सिंह समेत तीन निदेशकों के घर पर सीबीआई ने आज छापेमारी की है सूत्रों ने बताया कि सभी पर चिटफंड कंपनियों के नाम पर करोड़ों रूपये गबन का आरोप है छापेमरी के दौरान केन्द्रीय जांच एजेंसी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज हाथ लगे हैं सीतामढ़ी अदालत परिसर में कल दिनदहाड़े गोलीबारी और पेशी के दौरान गैंगस्टर संतोष झा की हत्या के मामले में सुरक्षा चूक को लेकर पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है कल की घटना के बाद अदालत परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है हर आने जाने वाले की सघन तलाशी ली जा रही है इधर फोरेसिंक जांच टीम के सदस्यों ने घटनास्थल पर पहुंचकर कई साक्ष्य एकत्रित किये वहीं राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चार सितम्बर को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे बैठक में गृह सचिव पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक भाग लेंगे पटना उच्च न्यायालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में नये सिरे से जांच टीम गठित करने को लेकर सीबीआई को विचार करने को कहा है मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की आज सुनवाई की न्यायालय ने जांच अधिकारी सह पुलिस अधीक्षक का तबादला करने के बारे में सीबीआई द्वारा सही जवाब नहीं देने पर न्यायालय ने केन्द्रीय जांच एजेंसी को कड़ी फटकार लगायी न्यायालय ने राज्य सरकार से सभी आश्रय गृहों का पूरा ब्यौरा सौंपने को कहा है इस मामले की अगली सुनवाई सत्रह सितम्बर को होगी मुजफ्फरपूर की एक स्थानीय अदालत ने नगर विकास मंत्री सूरेश शर्मा की शिकायत पर राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमें को सुनवाई के लिये स्वीकार कर लिया है मामले की सुनवाई बीस सितम्बर को होगी श्री शर्मा ने कहा कि बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में श्री यादव ने उन पर राजनीतिक कारणों से झूठे आरोप लगाये हैं केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता इस वर्ष एक जुलाई से प्रभावी होगा इस बढ़ोतरी के साथ केन्द्रीय महंगाई भत्ता सात प्रतिशत से बढ़कर नौ प्रतिशत हो गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी इससे अड़तालीस लाख इकतालीस हजार कर्मचारियों और बासठ लाख से अधिक पेंशनधारकों को फायदा होगा रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के डालमियानगर में छह सौ पचास करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रेल वैगन मरम्मत कारखाना का निर्माण जल्द प्रारंभ होगा केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि राइट्स को जल्द से जल्द कबाड़ हटा कर वहां कारखाना स्थापित करने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है सितम्बर में रेल बैगन मरम्मत कारखाना का कार्य शुरू होने की सम्भावना है समस्तीपूर में किसान अब मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड की मदद से उर्वरकों पर होने वाले अंधाधुंध खर्च के बोझ से बच रहे हैं इससे खेती की लागत में कमी हो रही है और किसानों की आय बढ रही है

एक स्थानीय किसान ने बताया कि मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध होने से अब नई तकनीक और वैज्ञानिक तरीके से खेती संभव हो पा रही है

कृषि विभाग के सहायक अनुसंधान अधिकारी रामाधार प्रसाद सिंह बताते हैं कि किसानों को खेत की मिटटी के गुण दोष के बारे में सही जानकारी मिल पाती है

जिले में मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड बनने से कृषि कार्यो पर सकारात्मक प्रभाव पडा है और खेती करने वाले किसानों के लाभ में बढोतरी हो रही है आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से कृष्ण कुमार भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक ग्यारह और बारह सितम्बर को बोधगया में होगी बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय करेंगे गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के कारण भाजपा ने बाईस अगस्त तक सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिये थे श्री राय ने बताया कि चौदह सितम्बर को जिला स्तरीय और पंद्रह सितम्बर को मंडल स्तरीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की जायेगी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद औपबंधिक जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद रांची की अदालत के समक्ष कल समर्पण करेंगे इधर आईआरसीटीसी होटल निविदा घोटाला मामले में नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली पहुंच गये हैं खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने और उनके योगदान को स्मरण करने के लिये आज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा सम्मान समारोह आयोजित कर विभिन्न स्पर्धाओं के दो सौ से अधिक खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया वैशाली जिले में देसरी थाना क्षेत्र के फटिकवारा गांव में अपराधियों ने दिनदहाड़े एक बैंककर्मी से डेढ़ लाख रुपये लूट लिये शेखपुरा के जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित पैंतालीस कर्मियों को ड्यूटी से गायब रहने पर स्पष्टीकरण देने को कहा है वहीं मुंगेर के पूलिस अधीक्षक बाबू राम ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में ईस्ट कोलोनी थानाध्यक्ष मोहम्मद अली साबरी को लाईन हाजिर कर दिया है वहीं थाने के सहायक आरक्षी अवर निरीक्षक संजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया